सुनील अरोड़ा होंगे देश के नये मुख्य निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत जस्टिस गिरधर मालवीय को बनाया गया बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत का व्यापक आर्थिक मानक मजबूत है और ढांचागत सुविघाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वैश्विक समृदाय भारत की विकासगाथा को लेकर उत्साहित है और वह भारत को कारोबार के तौर तरीकों को तेजी से सुगम बनाने वाले देश के रूप में देख रहा है राष्ट्रपति श्री कोविंद कल राष्ट्रपति भवन में बिबेक देबराव अनैरबान गांगुली और किशोर देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया मोदी सरकार के तहत परिवर्तन की पहली प्रति प्राप्त करने के बाद बोल रहे थे इस अवसर पर वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के परिणाम सामने आने लगे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ट्वन्टी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम अर्जेंटीना के लिए रवाना होंगे नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातवीत में विदेश सचिव विजय गोखते ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान तीन सत्र होंगे उन्होंने कहा कि प्रघानमंत्री भारत में डिजिटल क्रांति आयुष्मान भारत कार्यक्रम मृदा स्वास्थ्य कार्ड और अन्य केन्द्रीय योजनाओं के बारे में सम्मेलन में अपने विचार रखेंगे विदेश सविव ने कहा कि विर्देशमंत्री जी ट्वन्टी शिखर सम्मेलन के दौरान अलग से कई नेताओं के साथ ट्विफ्कीय वार्ता करेंगे जिनमें चीन के राष्ट्रपति थी जिनपिंग शामिल हैं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बारे में पुछे जाने पर श्री गोखले ने कहा कि फिलहाल कई द्विपक्षीय बैठकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रीय कैडिट कोर एनसीसी के मूल आदर्श एकता और अनुशासन की महत्ता बताते हए राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका की सराहना की है श्री नाईक कल लखनऊ में एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर गोमती रिवर फ्रंट पर एनसीसी रैली का आयोजन किया गया उन्होंने कैडिटों का उत्साहक्यन करते हुए उनके द्वारा किये जा रहे सामाजिक कार्यो की प्रशंसा की उन्होंने कैंडिटों और अधिकारियों को अपने कार्य को और बेहतर बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहने का आहवान किया इससे पूर्व कल राष्ट्रीय कैडिट कोर एनसीसी दिवस के अवसर पर लखनऊ में एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एके सप्रा ने शहीद स्मारक पर पृष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्वांजलि दी श्रद्वांजलि समारोह में प्रदेश के सभी जनपदों से लाई गई मिट्टी और नदियों का जल शहीदों को समर्पित किया गया रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन को अनुसंघान और विकास में और अधिक सक्रिय भूमिका निमाने के कार्य पर फिर से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कल नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में बौद्विक संपदा संबंधी पहल को बढ़ावा देने र्के लिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का श्मारम करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भता बढ़ाना और टैक्नोलोजी के लिए विदेशी कम्पनियों पर निर्भरता कम करना है से से केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य सरकारों से लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा है श्री चौबे ने कल नई दिल्ली में नौवे भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर यह बात कही तमिलनाड् में छह लाख से अधिक लोगों ने अंगदान किया है और इस तरह देश में अंगदान को बढ़ावा दिया जा रहा है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाकर और पूर्व चेतावनी देने की आधुनिक प्रणाली के जरिये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की आधी लड़ाई जीत ली जाएगी नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंघन प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर श्री रिजिजू ने कहा कि मानव गतिविधियों से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है और जलवायु परिवर्तन की तथा आपदाओं से निपटने की चुनौतियां बढ़ी हैं उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय आपदा खतरों को कम करने में भारत की अनदेखी नहीं कर सकता क्योंकि वह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक योजनाओं पर काम कर रहा है

वे ओम प्रकाश रावत का स्थान लेंगे जो शनिवार को सेवानिकृत हो रहे हैं सूत्रों ने बताया कि श्री अरोड़ा की नियुक्ति की अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली को और चुस्त दूरस्त बनाने के निर्देश दिए श्री सिंह ने कल मुरादाबाद मण्डल के पांच जिलो के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के सम्बंध में समीक्षा बैठक की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेश ने कहा कि कोहरा और बदला मौसम अपराध की दृष्टि से चुनौती भरा है उन्होंने कहा कि व्यापक पैमाने पर पुलिस में मर्ती की जायेगी एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि कमजोर पैरवी से अपराधियों के छूट की प्रवत्ति एक गम्मीर विषय है जिस पर शीघ्र ही विचार किया जाना आवश्यक है उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त से अनुमति लेकर प्रदेश की चीनी मिलें अपने समूह की अन्य चीनी मिलों के खातों में जमा शीरा निधि की राशि को उपयोग करने के लिए जारी करा सकेगी आबकारी विमाग द्वारा वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए शीरा नीति निर्घारण में शीरा नीति की धनराशि का अंतर इकाई हस्तांतरण की व्यवस्था की गयी है जिसके तहत चालू शीरा वर्ष में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि को शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त किया जायेगा प्रदेश में खोले धान क्रय केन्द्रों से अब तक मूल्य समर्थन योजना के तहत दो लाख बान्नवे हजार चार सौ पैंसठ मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा गया इस योजना से अब तक तिरालिस हजार आठ सौ छत्तीस किसान लामान्वित हुए हैं तथा किसानों को पांव सौ बारह दशमलव तीन तीन करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे आरटीजीएस के माध्यम से किया गया है मानव संसाघन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्कूल बैग के वजन और पढ़ाने के तरीकों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिये हैं मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भेजा है इन निर्देशों के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा निर्देश के अनुसार छात्रों को अतिरिक्त किताबें अतिरिक्त सामग्री और स्कूल बैग के वजन को निर्घारित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाने के लिए कहा जाना चाहिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र सेवानिवृत जस्टिस गिरधर मालवीय को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का नया कुलाघिपति बनाया गया है केन्द्रीय कार्यालय समिति की बैठक में श्री मालवीय के नाम पर सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी जस्टिस मालवीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तैनात रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय अन्तर स्थलीय मत्सयिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा कल मिर्जापुर में गंगा नदी पर रामगया घाट पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर गंगा में विलुप्त हो रही मत्स्य प्रजातियों के संख्यण और संवर्द्वन के लिए दस हजार देसी प्रजाति की कटला रोह मरगाल जैसी मछलियों के बीजों को रैचिंग कार्यक्रम के तहत गंगा में डाला गया विभिन्न प्रकार के रसायनों और गंदगी के चलते मछलियों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है इससे मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा कम होगा साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन के तहत गंगा को निर्मल बनाने में सहायता मिलेगी प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा छः एवं नौ में प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन करने की अन्तिम तिथि तीस नवम्बर है जवाहर नवोदय विद्यालय क्शीनगर के प्रधानावार्य तेज सागर ने बताया कि अम्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मऊ जिले में मोहम्मदाबाद क्षेत्र में कल एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आ जाने से तीन लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये मृतकों में एक बच्ची तथा दो महिलायें शामिल हैं पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के शिकार लोग एक धार्मिक स्थल पर जाने के लिये मोहम्मदाबाद गोहना चिरैयाकोट मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे थे तभी चिरैयाकोट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने कुचल दिया पुलिस ने चार पहिया वाहन के चालक को हिरासत में ले लिया है